मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी ज़िले के सराज क्षेत्र में करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए उन्होंने बगस्याड में राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय का शुभारम्भ किया

बाद में मुख्यमंत्री ने मण्डी में व्यापार मण्डल द्वारा आयोजित अभिनन्दन समारोह में कांगनी धार में शिवधाम विकसित करने का ऐलान किया

जयराम ठाकुर ने मण्डी में एक बहुमंज़िला पार्किंग और आधुनिक ऑडिटोरियम बनाने की बात भी कही उन्होंने समाज निर्माण में व्यापारी वर्ग की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि व्यापारियों से लिया जाने वाला कर राष्ट्र के विकास में लगाया जाता है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को कम करने की ऐतिहासिक घोषणा से शेयर मार्किट में भारी उछाल आया है सांसद राम स्वरूप शर्मा व अन्य गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी में इसका श्भारम्भ किया

जयराम ठाकुर ने मण्डी में पंचायत राज व ग्रामीण विकास विभाग के सभी सरकारी भवनों को सोलर रूफ टॉप पैनल से कवर करने के लिए सोलर रूफ टॉप कार्यक्रम का शुभारम्भ भी किया उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य सरकार के सभी भवनों को सोलर छत पैनल से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा सीएम बागवानी कॉलेज मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज मण्डी ज़िले के थुनाग में बागवानी महाविद्यालय और बागवानी अनुसंधान व विस्तार उत्कृष्ट केन्द्र का शुभारम्भ किया

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये संस्थान बागवानी क्षेत्र में अनुसंधान का प्रचार प्रसार करने व बागवानों को आध्निक तकनीक से उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से भी बातचीत की

मण्डी ज़िले के कनूही छेज लहसनी और गवैला में जन शिकायत कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवारों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है और विभिन्न विभागों की मदद से इन्हें स्वरोज़गार योजनाओं से जोड़ा जाएगा भाजपा कांग्रेस धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस चुनावी गतिविधियों में जुट गई हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि इस उपचुनाव के लिए भाजपा जल्द ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति की जल्द बैठक बुलाकर उम्मीदवारों के नाम संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे और संसदीय बोर्ड द्वारा इन पर मोहर लगाई जाएगी सत्ती ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और इन उपचुनावों में पार्टी जीत हासिल करेगी

दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव के लिए पार्टी नेताओं से आवेदन मांगे हैं प्रदेश पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजेगी प्रत्याशियों के नाम हाईकमान द्वारा तय किए जाएंगे राठौर ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में जीत के लिए एकजुट होकर काम करने का आहवान किया है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने शिमला के घंडल स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में चल रहे छात्र आंदोलन को जल्द समाप्त करवाने और विद्यार्थियों की समस्याओं का निपटारा करने की सरकार से मांग की है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि प्रशासन को छात्रों के आंदोलन की कोई चिंता नहीं है और उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं का निदान करना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है और सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिएं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज शाम जोरदार वर्षा हुई इस वर्षा से तापमान में गिरावट आई है और ऊपरी इलाकों में ठण्ड महसूस की जाने लगी है

स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लाहौल स्पीति ज़िले की थिरोट पंचायत में आज एक जागरूकता शिविर लगाया गया इसकी अध्यक्षता करते हुए उदयपूर के उपमण्डल अधिकारी कृष्ण चंद ने लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की सलाह दी

शिमला में आज संगठनात्मक चुनाव के लिए ज़िला प्रभारियों व सह प्रभारियों की बैठक हुई प्रदेश संगठनात्मक चुनावों के सह प्रभारी राजीव भारद्वाज ने बैठक की अध्यक्षता की प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा सहित अन्य पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया